उन्होंने कहा है कि हमें थकना या निराश नहीं होना है बल्कि तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है यह बात मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए अब तक सभी जिलों में बेहतर तरीके से कार्य किए गए श्री बघेल ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले थोड़े बढ़े जरूर हैं लेकिन जल्द ही स्थिति में सुधार होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग रायपुर और बिलासपुर आईजी ने अपने गृह राज्यों के लिए पैदल निकले मजदूरों को राहत देने के अभियान में अच्छा काम किया श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है उन्होंने बताया कि मनरेगा के माध्यम से औसतन छब्बीस लाख लोगों को रोजाना गांव में ही रोजगार और नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है मुख्यमंत्री ने कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा सूचना दिए बिना श्रमिकों को लाने पर चिंता जताई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में श्री बघेल ने आम लोगों को सरकारी योजनाओं का समय सीमा में लाभ दिलाने के लिए लागू लोक सेवा गारंटी कानून को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इसके तहत सादे कागज पर मिलने वाले आवेदनों को स्वीकार कर उस पर भी समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री ने इस कानून के तहत सभी जिलों को बाईस मार्च से पहले तक मिले आवेदनों का एक हफ्ते के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही श्री बघेल ने सभी कलेक्टरों को बारिश का मौसम शुरू होने तक सीमांकन कार्य जारी रखने को कहा है उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बारिश के मौसम में भी सीमांकन कार्य सुनिश्चित किए जाए

उन्होंने कहा कि इन गौठानों में सब्जी उत्पादन मुर्गी बकरी और मछलीपालन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों से समूहों को जोड़ा जाए श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से कामकाज पर असर पड़ा है इस स्थिति में ऐसी योजना की जरूरत है जो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दे सके बैठक में मुख्यमंत्री ने भू जल स्तर को बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नालों में बहते पानी को रोकना जरूरी है उन्होंने अधिकारियों को यह कार्य प्राथमिकता के साथ कराए जाने के निर्देश दिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण और रणनीति राहत व्यवस्था क्वारेंटाइन सेंटर की स्थिति टिड्डी की समस्या सुपोषण अभियान सहित अन्य कई अन्य बिंदओं की समीक्षा की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले श्री बघेल ने मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया इस वेबसाइट के जरिये मुख्यमंत्री राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे वहीं इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप की मदद से योजनाओं की स्थिति पर आम जनता से भी उनके सुझाव ले सकेंगे इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का निर्माण चिप्स द्वारा किया गया है श्री बघेल ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा इसके लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के तहत नागरिक अपनी समस्याएं और जानकारियां ऐप के माध्यम से भेज सकेंगे इसके बाद संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजकर समस्याओं का निपटारा किया जाएगा होटल रेस्टॉरेंट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के होटल और रेस्टॉरेंट कारोबारियों को आश्वासन दिया है कि अगले चार से पांच दिनों के भीतर राज्य में होटल रेस्टॉरेंट और कैफेटेरिया खोल दिए जाएंगे राज्य होटल रेस्टॉरेंट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से रायपुर में भेंट की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया मुख्यमंत्री ने होटल संचालकों से कहा कि उनके प्रतिष्ठान खुलने के बाद कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज देने और घरेलू दर से बिजली बिल वसूल करने सहित कई अन्य मांगें रखीं

केन्द्र में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर सुश्री पांडेय ने आज राजनांदगांव में एक प्रेसवार्ता में सरकार की कार्यशैली और योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के जरिये सरकार ने भारत में जरूरतमंदों के लिए नागरिकता का रास्ता खोला है कोरोना संक्रमण के मामलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में सरकार ने लोगों की मदद के लिए अनेक कदम उठाए हैं उधर जांजगीर में प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने केन्द्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास और उज्जवला योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को समाप्त करने के साथ ही और तीन तलाक कानून में संशोधन जैसे बड़े फैसले लिए हैं वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र सवन्नी ने भी मुंगेली में मीडिया से चर्चा करते हुए केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि केन्द्र की फ्लैगशिप योजनाओं के जरिये आम लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय संपर्क अभियान के तहत प्रदेश के साथ साथ लोकसभा विधानसभा और जिला स्तर पर भी लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी प्रवासी खाद्य मित्र देश के अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे मजदूरों या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उन्हें भी दो महीने का अनाज निःशुल्क दिया जाएगा इसके पंजीयन के लिए खाद्य विभाग ने प्रवासी खाद्य मित्र ऐप जारी किया है इस ऐप पर इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीयन करा सकते हैं साथ ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर मुफ्त अनाज के लिए पंजीयन भी किया जा सकता है पंजीयन के लिए आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में पांच अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है इनमें मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड किसान फोटो पासबुक के अलावा किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में अभी तक कोरोना संक्रमित उनतीस नए मामले सामने आए हैं इनमें से रायपुर जिले में तेरह नए मरीज मिले हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ में सक्रिय मरीजों की संख्या साढ़े आठ सौ से ज्यादा हो गई है वहीं क्ल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बारह सौ को पार कर गया है रमन सिंह आरोप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी है उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने केन्द्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की है इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते छत्तीसगढ़ का बजट घाटा काफी बढ़ गया है और राज्य कर्ज के दलदल में फंस गया है

इस मामले में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाके से दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से सात लाख रूपये से अधिक की नगद राशि भी बरामद की गई है पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग माओवादियों की मदद के लिए नगद धनराशि लेकर निकले हैं इसके बाद चिल्फी पुलिस ने थवईपानी गांव के पास धेराबंदी कर दो लोगों को नगद राशि सहित गिरफ्तार किया जिले के पुलिस अधीक्षक के एल ध्रुव ने बताया कि फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है उधर दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर हत्या और आगजनी जैसे कई अन्य वारदातों में शामिल रहने का आरोप है जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान गश्त पर निकले हुए थे इसी दौरान छोटेगुडरा पटेलपारा से इस माओवादी को गिरफ्तार किया गया यह माओवादी डीकेएमएस संगठन का अध्यक्ष बताया जाता है इधर राजनांदगांव की सीमा से लगे महाराष्ट्र के बालाघाट जिले में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी मिली जानकारी के अनुसार यह घटना लांजी के पुजारीटोला गांव की है जहां माओवादी आज तड़के एक ग्रामीण के घर पहुंचे और उसे अगवा कर ले गए इसके कुछ देर बाद उसकी लाश गांव के बाहर मिली एक अन्य घटना में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हथियारबंद माओवादियों ने कल देर रात गट्टा वन परिक्षेत्र कार्यालय पर हमला कर दिया इस दौरान माओवादियों ने दो कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की साथ ही सरकारी आवास में आग लगा दी महासमुंद राशि बरामद छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के पास महासमुंद में एक वाहन से करीब एक करोड़ तेरह लाख रूपये की नगद राशि बरामद की गई है यह हवाला की रकम होने की आशंका जताई जा रही है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने पत्रकारवार्ता में बताया कि ओडिशा का एक सराफा कारोबारी अपने ड्रायवर के साथ कार में बरगढ़ से रायपुर आ रहा था इस बीच सिंघोड़ा सीमा पर उनके वाहन की तलाशी में नगद राशि मिली फिलहाल आयकर विभाग की टीम कारोबारी और कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है प्रशासनिक तबादला भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों को राज्य में नई पदस्थापना दी गई है राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है इसके अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता को प्रशासन और चयन का प्रभार दिया गया है जीपी सिंह को राज्य पुलिस अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसआरपी कल्लूरी को एडीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है जांजगीर क्आं मौत जांजगीर चांपा जिले में कुएं से जहरीली मीथेन गैस का रिसाव होने के कारण दो सगे भाइयों की मौत हो गई यह घटना हसौद क्षेत्र के धमनी गांव की है पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने बताया कि कुएं में काम करने के दौरान चार लोग मीथेन गैस के रिसाव से बेहोश हो गए किसी तरह इन लोगों को कुएं से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक इनमें से दो लोगों की मौत हो गई थी सरगुजा कॉरिडोर सरगुजा जिले में अंबिकापुर से हरिहरपुर तक जलप्रवाह क्षेत्र बनाने की मंजूरी मिल गई है इस कॉरिडोर के पूरा होने से क्षेत्र के बीस से अधिक गांवों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने उम्मीद जताई है कि ये जलप्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए मॉडल साबित होगा इसके जरिये अंबिकापुर लुचकीघाट और हरिहरपुर तक सत्तर के दशक से बंद पड़ी बांकी की नहरों को पुनर्जीवित किया जाएगा नहरों को जोड़ने के इस कार्य में करीब चौदह करोड़ रूपये की लागत आएगी और चौदह किलोमीटर लंबी इस जलप्रवाह क्षेत्र से सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे बीजापुर सखी बैंक कोरोना महामारी पर नियंत्रण के साथ ही बैंक के हितग्राहियों को घर पहुंच सेवा देने के लिए बीजापुर जिले में भी बैंक सखियां बेहतर तरीके से अपना काम कर रही हैं जिला कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने बैंक सखी सेवा की शुरूआत की इसके तहत चेरपल्ली और भोपालपट्नम क्षेत्र में घर घर पहुंचकर बैंक सखियां वृद्धा और विधवा पेंशन के हितग्राहियों को नगद राशि प्रदान कर रही है साथ ही बीजापुर विकासखंड के पापनपाल और कुएनार के हितग्राहियों को नगद राशि उपलब्ध कराने के लिए एक शिविर भी लगाया गया है जिला कलेक्टर ने बताया कि आने वाले समय में तेंद्रपत्ता हितग्राहियों को भी बैंक सखियों के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी वन मितान बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए वन विभाग द्वारा दुर्ग में एक नवाचारी प्रयोग किया जाएगा वन मितान कार्यक्रम के तहत बच्चों को जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें वनों के महत्व से अवगत कराया जाएगा इसके लिए करीब एक सौ बीस बच्चों का समूह जंगल के टेन्ट में एक दिन रूकेगा वन विभाग के प्रमुख अधिकारी और पशु पक्षी विशेषज्ञ बच्चों के साथ अपनी जानकारी साझा करेंगे और उनकी जिज्ञासा शांत करेंगे इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे की अध्यक्षता में दुर्ग में एक बैठक हुई इसमें जिला वन अधिकारी केआर बढ़ाई ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए छठवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा मौसम और अब पेश है मौसम का हाल बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा हुई रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी संजय बैरागी ने बताया कि इस समय यह कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा और बंगाल के तट के आसपास सक्रिय बना हुआ है इसके असर से अगले एक दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

इस सूची पर उम्मीदवार पंद्रह जून तक दावा आपत्ति कर सकते हैं यह सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है

पति की मौके पर ही मौत हो गई आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है

यह गांजा चिचोला से नागपुर ले जाया जा रहा था